चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा प्रदेश में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आज लगभग सभी जिलों में बारिश और कही कही ओलावृष्टि के आसार

जिन परिवारों को यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल स्टेट बीपीएल और अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे परिवार शामिल हैं जिनमें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों स्ट्रीट वेन्डर्स अन्य श्रमिक रिक्शा चालक और निराश्रितों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी जिन लोगों के बैंक खाते नहीं है उन्हें नकद सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति दो गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करें

भीलवाडा और झन्झनं में कर्फ्य और राज्य के अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू है इस बीच चिकित्सा मंत्री रघू शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और अपने घरों से बाहर ना र्निकले उन्होंने कहा कि राजस्थान में वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे है मगर स्थिति नियंत्रण में है और सरकार वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार ने खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विभिन्न कदम उठाए है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह द्वारा आदेश में कहा गया है कि किराए के घरों में रहने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर मकान मालिक द्वारा घर खाली करने का दबाव डाला जा रहा है इस तरह का व्यवहार एक सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवाएं देने में रुकावट पैदा करता है

इसी के तहत धौलपुर जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत बनाकर जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां खाद्य सामग्री लोगों के घरों तक पहंचाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है

कल बनारस के लोगों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वायरस लोगों में कोई भेद नहीं करता और किसी में भी इसका संक्रमण हो सकता है

श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप से सम्पर्क कर हेल्प डेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में भरोसेमंद सूचनाएं दी जा सकें

एक बयान में आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए लगाए जाने वाले चिन्ह के मानकीकरण करने और इसे शरीर पर किस स्थान पर लगाया जाना है इस बारे में विचार करना चाहिए ताकि चुनाव के समय इसकी वजह से किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो

एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे न केवल आपातकालीन सेवाओं के दौरान होने वाली असुविधा में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी

अरब सागर से नमी का प्रवाह राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हो रहा है आज राज्य के लगभग सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और कही कही ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है राजधानी जयपुर में सुबह से ही घने बादल छाए हुए है और तेज हवाओं के साथ कही कही बूंदा बांदी भी हुई है इसर्स पहले कल राज्य के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे कल तीव्रता कम होगी